बापू ने पश्चिम बंगाल के सोदेपुर में प्रार्थना संबोधन के बाद लोगों से साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने और एकजुट रहने की अपील की थी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि हाल ही में संसद में पारित कृषि विधेयकों और श्रम कानूनों से देश के किसान और कामगारों को अनावश्यक कानूनों के जंजाल से छुटकारा मिलेगा उन्होंने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वे झूठ और दुष्प्रचार के जरिए देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने कृषि विधेयकों और सरकार के श्रम सुधारों की प्रशंसा करते हुए कहा कि स्वतंत्रता के बाद से सत्तारूढ ताकतों ने केवल झूठे वायदों के जरिए किसानों और कामगारों से राजनीतिक लाभ हासिल करने का प्रयास किया

उन्होंने आज रांची में झारखण्ड मंत्रालय में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर कहा कि नये कृषि बिल में अनुबंध कृषि का प्रावधान किया गया है जो किसानो के लिए दूरगामी तौर पर अलाभकारी होगा उन्होंने कहा कि यदि मजबूरी में कोई किसान अनुबंध पूरा नहीं कर पाता है तो उसका क्या होगा

चुनाव आयोग ने आज देश में एक लोकसभा और चौसठ विधानसभा सीटों के लिए प्रस्तावित उपचुनाव की घोषणा नहीं की

मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने आज नई दिल्ली में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कहा कि आदर्श आचार संहिता तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है

अंतिम एक घंटा कोविड रोगियों के लिए रखा गया है हजारीबाग जिले में पोषण माह के अन्तर्गत कई कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं

राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने आज चतरा जिले के सिमरिया प्रखंड कार्यालय में कोल ट्रांसपोटर और हाइवा मालिकों के साथ बैठक की इस दौरान हाईवा मालिकों के बकाये भाड़ा को लेकर चर्चा हुई

निर्धारित तिथि पर भुगतान नहीं किये जाने पर संबंधित कंपनियों को काली सूची में डालते हुए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जायेगी जाने माने पार्शव गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का आज चेन्नंई में निधन हो गया

उनके पूत्र एसपी चरण ने इसकी पृष्टि की

इसके साथ ही अब तक जांच किए गए नमूनों की संख्या लगभग सात करोड हो गई है भारत प्रतिदिन सबसे अधिक नमूनों की जांच करने वाले देशों में बना हुआ है

इधर झारखण्ड में भी कोरोना जांच की रफ्तार तेज कर दी गई है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

जिले के पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार ने इसकी पुष्टि की है उन्होंने बताया कि पुलिस और सीआरपीएफ की टीम उग्रवादियों के खिलाफ विशेष अभियान चला रही थी इसी दौरान मनातू चक मार्ग पर पुलिस ने इन विस्फोटकों को जब्त किया उन्होंने बताया कि चारो लैंडमाइंस पैंतीस से चालीस किलो के थे जिन्हें जगुवार के बम निरोधक दस्ते ने नष्ट कर दिया पुलिस ने साईबर अपराधियों के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है इस सिलसिले में आज देवघर जिले से पुलिस ने ग्यारह साईबर अपराधियों को गिरफ्तार किया

संक्षिप्त खबरें कृषि विधेयक के खिलाफ गिरिडीह जिले में देशव्यापी बंद का कोई असर नहीं देखने को मिला भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह प्रतिवाद मार्च निकाल कर विधेयक का विरोध किया बोकारो जिले के चास बाई पास स्थित एक इलेक्ट्रोनिक द्वकान के गोदाम में आग लग गइ दमकल कर्मियों के प्रयास से चार घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया

रामगढ़ जिले में अन्मंडल पदाधिकारी सुश्री कीति श्री की अध्यक्षता में भारतीय रेड कॉस सोसाईटी के जिला प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न हुई